शिखर सम्मेलन के पूण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी के शब्द सिक्योर की नई परिभाषा भी दी

मैं मानता हूं कि इन दिशाओं में सार्थक सहयोग से ही हमारा एससीओ सही मायनों में सेफ एंड कनेक्टेड आर्गनाइजेशन बन सकेगा श्री मोदी ने अफगानिस्तान को आतंकवाद के प्रभाव का एक द्रभाग्यपूर्ण उदाहरण बताया मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने जिस भावना से शांति के लिए एक बार फिर से साहसिक कदम उठाए हैं उस भावना का सम्मान सभी पक्ष करेंगे हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकताए अखंडताए संप्रभुताए विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है उन्हें न दोहराया जाए

श्री मोदी ने कहा कि एस सीओ क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ संपर्क भारत की प्राथमिकता है

यह शिखर सम्मेलन चिनदाओ घोषणा पत्र को स्वीकार करने के साथ सम्पन्न हो गया घोषणा पत्र में आतंकवाद अलगाववाद और चरमपंथ को रोकने के लिए तीन वर्षीय योजना को लागू करने का आहवान किया गया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच छिंगदाओ में मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद भारत और चीन ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये पहला समझौता बाढ़ के दौरान ब्रहमपुत्र नदी के प्रवाह पर ऑकड़ों के आदान प्रदान को जारी रखने के बारे में है और दूसरा समझौता भारत से गैर बासमती चावल के निर्यात के बारे में है दोनों देशों ने दो हजार बीस तक आपसी व्यापार को एक खरब डालर तक ले जान का लक्ष्य रखा है आज श्री मोदी कजाखिस्तान और किर्गिस्तान की राष्ट्रपति के साथ बैठकें करेंगे

उन्होंने एक सौ एक करोड़ रूपये की लागत से पंचकोषीय परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण और चौरीकरण कराये जाने की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में पंचकोषीय परिक्रमा की उन्होंने सबसे पहले मणिकर्णिका कुंड पर परिक्रमा करने के लिए संकल्प लिया बाद में उन्होंने काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन पूजन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में कई धार्मिक नेताओं साहित्यकारों चिकित्सकों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की

इससे पहले भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना उपाध्याय ने झांसी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री वाईपी सिंह ने बागपत में देवेश कोरी ने फर्रूखाबाद में सुब्रत पाठक ने औरैया में और प्रकाश पाल ने फतेहपुर में जिलों में विशिष्ट लोगों ने मुलाकात की और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी

बाइट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम चलाया है संपर्क फॉर समर्थन इस कार्यक्रम के तहत समाज के सम्भान्त लोग जो विभिन्न क्षेत्रो में प्रतिष्ठित हैं उनसे मिल करके मोदी सरकार के चार साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को हम बता रहे हैं और लोगों से समर्थन की अपील करी रहे हैं मैं भी अपने बस्ती जिले में लगातार नई प्रतिष्ठित डाक्टर व्यापारी शिक्षक वकील ऐसे लोगों से मिल करके सरकार की उपलब्धियों की जानकारी मैंने दी और साथ ही साथ आने वाले दो हजार उन्नीस के चुनाव में मोदी सरकार को और समर्थन देने की अपील की जौनपुर में कल ग्राम स्वराज अभियान के तहत रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी आज शहर के प्रबुद्ध लोगों से सम्पर्क फॅार समर्थन अभियान के तहत मुलाकात की उन्होंने आकाशवाणी समाचार लखनऊ को बताया बाइट आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केन्द्र की सरकार द्वारा सिर्फ चार साल में गांव गली किसान के लिये जो काम किये गये हैं उनको लेकर आम जन तक पहुंचे उसको लेकर एक अभियान राष्ट्रीय यअध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने शुरू किया है सम्पर्क फॉर समर्थन उसी क्रम में आज मैने जौनपुर में दीवानी महासंघ के अध्यक्ष दो समॉचार पत्रों के ब्यूरो चीफ और अध्यापक संघ के अध्यक्ष और एक प्रमुख व्यवसायी से मुलाकात करके नरेन्द्र मोदी जी ने जो योजनाये बनायी जिसकी वजह से समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण जूटी है उन योजनाओं को गिनाकर उपलब्धियों को गिनाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए दो हजार उन्नीस में समर्थन मांगा है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

हाथरस में सासनी थाने के अन्तर्गत तेज रफ्तार वाली गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकरा गयी इस दुघर्टना में चालक सहित छः लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति घायल हो गया वहीं बुलंदशहर में हुए एक अन्य हादसे में किनारे खड़ी राज्य परिवहन निगम की बस को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में छः लोगों के मरने और बारह लोगों के घायल होने की खबर है इलाहाबाद में हंडिया इलाके में एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों की बस की टक्कर के दौरान हुए हादसे में मौत हो गयी रायबरेली में ऊँचाहार के पास एक जीप और ट्रक की टक्कर में तीन बच्चों और दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गयी